उन्होंने कहा कि इस तरह की रियायतों के स्थान पर राज्यों के बीच कारोबार सुगमता के लिए प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए

उन्होंने कहा कि उद्योग पारदर्शी और साफ सुथरा सिस्टम चाहता है ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरण प्रदूषण पर गंभीर चिन्ता प्रकट करते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि बायो डीजल पेट्रोलियम डीजल का विकल्प है इससे पर्यावरण प्रदूषण से होने वाली समस्याओं से बचा जा सकता है श्री गहलोत कल जोधपुर में बायो डीजल की खुदरा ब्रिकी के लिए बायो डीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट के शुभारम्भ समारोह को सम्बोधित कर रहे थे मुख्यमंत्री ने बताया कि ये देश में राज्य सरकार से मान्यता प्राप्त पहला बायोडीजल मोबाइल रिटेल आउटलेट है

नीति आयोग द्वारा जारी स्वास्थ्य और पोषण सुधार सहित पांच मानदण्डों की रैकिंग में प्रदेश का धौलपुर जिला देशभर में अव्वल रहा है बारां और सिरोही भी शीर्ष दस जिलों में शामिल रहे है

उच्च शिक्षा मंत्री भंवर सिंह भाटी ने जयपुर में एक समारोह में ये जानकारी दी उन्होंने बताया कि शिक्षा विभाग और कौशल विकास निगम के बीच मुख्यमंत्री युवा कौशल योजना के कियान्वयन के लिए समझौता किया गया है पुष्कर का धार्मिक मेला आज कार्तिक एकादशी पर पंचतीर्थ स्नान के साथ शुरू हो रहा है जिला प्रशासन ने पेंचतीर्थ स्नान में श्रद्वालुओं की सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त किए हैं

पांच दिन के धार्मिक मेले के लिए राजस्थान रोडवेज आज से पुष्कर के लिए अतिरिक्त बसों का संचालन शुरू कर रहा है इधर झालावाड जिले के झालरापाटन में भी राज्यस्तरीय कार्तिक पशु मेले की आज से शुरूआत हो रही है धौलपुर के बाडी उपखण्ड में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने पंचायत समिति कार्यालय में संविदा पर कार्यरत दो कम्प्यूटरकर्मियों को दो हजार रूपये की रिश्वत लेते गिरफ्तार किया ये राशि परिवादी से स्वच्छ भारत मिशन के तहत शौचालय निर्माण की राशि स्वीकृत कराने की एवज में मांगी गई थी